भाजपा सूची भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है इनमें छत्तीसगढ़ के छह प्रत्याशी भी शामिल हैं पार्टी ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व महापौर सुनील सोनी को टिकट दी है इस सीट से कांग्रेस ने वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे को उतारा है वहीं भाजपा ने महासमुंद से चुन्नीलाल साहू राजनांदगांव से संतोष पांडेय कोरबा से ज्योतिनंद दुबे बिलासपुर से अरूण साव और दुर्ग से विजय बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है भाजपा आरक्षित वर्ग की पांच सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है इससे पहले नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर सहमति बनी इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और संगठन मंत्री पवन साय शामिल हुए लोकसभा चुनाव नामांकन लोकसभा चुनाव के लिए ग्यारह अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन है इस दिन देशभर में इंक्यानवे लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे इनमें छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट भी शामिल है पहले चरण के लिए भरे गए सभी नामांकन पत्रों की जांच छब्बीस मार्च को की जाएगी और अट्ठाईस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने जहां दीपक बैज को प्रत्याशी घोषित किया है तो वहीं भाजपा ने बैद्राम कश्यप को और बह्जन समाज पार्टी ने आयत्राम मंडावी को अपना उम्मीदवार बनाया है प्रदेश में अट्ठारह अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है इस चरण के लिए छब्बीस मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं सत्ताईस मार्च को नामांकन पत्रों की जांच के बाद उनतीस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं इस चरण में तीन लोकसभा क्षेत्रों कांकेर राजनांदगांव और महासमुंद में चुनाव होंगे इसके अलावा तेईस अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव लिए नामांकन की प्रक्रिया अट्ठाईस मार्च से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगी तीसरे और आखिरी चरण में प्रदेश के सात लोकसभा क्षेत्रों रायपुर बिलासपुर रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा दुर्ग और सरगुजा में मतदान होगा इस चरण के लिए पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं नामांकन पत्रों की वापसी आठ अप्रैल तक हो सकेगी इन सभी ग्यारह निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना तेईस मई को होगी कांग्रेस सम्मेलन प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभावार प्रचार अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलनों का आगाज कर दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कल कांकेर लोकसभा क्षेत्र से इसकी शुरूआत की गई कल पच्चीस मार्च को बस्तर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा वहीं छब्बीस मार्च को राजनांदगांव में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है कांग्रेस ने अब तक छत्तीसगढ़ में अपने नौ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है कोरबा और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नामों का खुलासा नहीं किया है इस बीच आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार जम्मू कश्मीर कर्नाटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य के लिए अपने दस और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है एक्जिट पोल प्रसारण भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद उन्नीस मई की शाम से पहले नहीं किया जा सकता आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि टेलीविजन रेडियो चैनल केबल नेटवर्क वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक चैनल में मतदान खत्म होने से अड़तालीस घंटे पहले तक उनके कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी दल विशेष अथवा उम्मीदवार का प्रचार या उसके प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह दिखाया जाए परामर्श में मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस विश्लेषण शामिल हैं आयोग का कहना है कि वह चुनाव आदर्श आचार संहिता के लागू होने से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा होने तक प्रसारण पर निगरानी रखेगा बातों बातों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू आज रात रेडियो के माध्यम से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिले की प्रक्रिया और उम्मीदवारों के लिए जरूरी योग्यताओं की जानकारी देंगे उनकी भेंटवार्ता का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी रायपुर के समाचार प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत किया जाएगा समाचार प्रभाग के समाचार संपादक विकल्प शुक्ला द्वारा ली गई इस भेंटवार्ता को मीडियम वेब नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकेगा इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ प्रसारित करेंगे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इन दिनों मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में व्होट पंड्म कार्यक्रम मनाया गया इस दौरान कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली साथ ही अन्य मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का संकल्प भी लिया इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एच एल ठाक्र ने बताया कि जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी व्होट पंड्म का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं इसके तहत बीते दिनों कटेकल्याण विकासखंड मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली वहीं दूर्ग जिले में भी शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन अभियान चला रहा है इसमें समाजसेवी संस्थाओं से भी मदद ली जा रही है शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान की शुरूआत पार्क से होगी इस दौरान मार्निंग वॉक के लिए जुटे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया जाएगा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित आनंद ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं लोकसभा चुनाव पुलिस अधिकारी प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक सभी पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इसके तहत पुलिस अधिकारी चुनाव अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण अधीनस्थ और अनुशासन के अधीन होंगे रायपुर विमानतल प्रतिमा रायपुर के माना स्थित विमानतल पर स्वामी विवेकानंद की अट्ठारह फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी करीब एक करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली इस प्रतिमा का सारा खर्च राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी उठाएगा गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले शिल्पकार रामवणजी सुतार यह प्रतिमा तैयार करेंगे गौरतलब है कि माना विमानतल का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है वहीं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्वामी विवेकानंद विमानतल को वर्ग दो की श्रेणी के एयरपोर्ट में शामिल कर लिया है अब तक इन विमानतल को वर्ग तीन की श्रेणी में रखा गया था यह दर्जा मिलने से अब एयरपोर्ट के विकास और सुविधा में तेजी से सुधार होगा तपेदिक दिवस आज विश्व तपेदिक दिवस है लोगों में टीबी रोग यानि तपेदिक से स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक और आर्थिक नुकसान तथा इसे रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष तपेदिक रोधी दिवस का विषय है यही समय है माओवाद क्रिकेट सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बीजापुर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और आम नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं इसी के तहत जिले के पामेड़ में आज से टी टेन क्रिकेट स्पर्धा शुरू हुई बारह दिनों तक चलने वाली इस स्पर्धा में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों की करीब बत्तीस टीमें भाग ले रही हैं पहले दिन दो मुकाबले हए स्पर्धा का उदघाटन पुलिस उप निरीक्षक एचएस पटेल ने किया प्रतियोगिता के विजयी टीम को बीस हजार रूपये और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को दस हजार रूपये पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे खेल राजधानी रायपुर में कल से आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर ग्रेड फाइव टूर्नामेंट के मुकाबले शुरू होंगे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में विदेशों खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाएंगे तीस मार्च तक चलने वाली इस स्पर्धा के क्वालीफाइंग राउंड का मुकाबला बाईस मार्च को हुआ था जिसमें उनतीस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया संक्षिप्त समाचार दुर्ग बालोद मार्ग पर आज एक मालवाहक और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई सभी मृतक चिंगरी गांव से दुर्ग आ रहे थे बेमेतरा जिले में बेरला थाना क्षेत्र के मौलीभाटा गांव में स्कूल बस के पलट जाने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि पांच अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं घायल बच्चों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एडूपोर्टल के माध्यम से नए शिक्षा सत्र में अशासकीय निजी शालाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए तीस मार्च तक आवेदन दिए जा सकते हैं